झारखंड विकास मोर्चा का कल भाजपा में विलय पार्टी के दो निष्कासित विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि देश केवल सरकार से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के संस्कारों और मूल्यों से मिलकर बनता है वे आज वाराणसी में जंगम बाड़ी मठ में श्री जगदग्रू विश्वाराध्य ग्रूकूल के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिक के रूप में हमारा आचरण एक नए भारत के भविष्य और दिशा को तय करेगा

उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू दो दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे झारखंड दौरे के कम में उपराष्ट्रपति आज रांची में आईआईएम विद्यार्थियों को अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप पॉलिसी एवं गर्वनेस विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्म् भी उपस्थित थीं श्री नायडू ने गुड गर्वनेंस की मदद से विकास कार्यो को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया

श्री नायड् कल जमशेदपुर में शहर के एक सौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भागे लेंगे झारखंड विकास मोर्चा का कल रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृहमंत्री अभित शाह समेत अन्य नेताओं की उपस्थिति में झारखंड विकास मोर्चा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपने समर्थकों और कार्यकर्त्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो जाएंगे भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल ने पुनर्मिलन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रभात तारा मैदान का जायजा लिया झारखंड विकास मोर्चा से निष्कासित विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के समर्थकों की आज रांची में बैठक हुई बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री तिर्की ने बताया कि झारखंड विकास मोर्चा के एक गुट के कार्यकर्त्ता और पदाधिकारियों ने मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में पार्टी का विलय कांग्रेस में कराने का निर्णय लिया है दोनों विधायक पार्टी कार्यकर्त्ताओं की राय से सहमत है उन्होंने बताया कि झारखण्ड विकास मोर्चा के एक गूट के कांग्रेस में विलय की सूचना केंद्रीय नेतृत्व को दे दी जाएगी दोनों विधायक जल्द ही नहीं दिल्ली जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड विकास मोर्चा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजधनवार में गैर भाजपा मतदाताओं के समर्थन से चुनाव में जीत हासिल की ऐसे में उन्हें विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल होना चाहिए

राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि आने वाली गर्मी में किसी को पानी की दिक्कत न हो इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने जनसमस्याओं के निदान के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी संवेदनशील होकर काम करने की अपील की झारखंड के टाइगर रिजर्व में एक बाधिन की मौत हो गयी है बेतला नेशनल पार्क स्थित टाइगर रिजर्व में बाधिन की मौत के बाद बेतला नेशनल पार्क को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है बाधिन की मौत की सूचना पाकर अधिकारियों का एक दल मौके पर पहुंचा पलामू टाइगर रिजर्व प्रशासन ने आशंका जतायी है कि नीलगाय से लड़ाई की वजह से बाधिन की मौत हुई होगी

हटिया राउरकेला रेलखंड पर आज सुबह राउरकेला की ओर जा रही एक मालगाड़ी का डब्बा खुलकर गेट के समीप रुक गया और कुछ डब्बों को लेकर इंजन आगे बढ़ गई घटना की जानकारी रेलवे गार्ड ने वाकी टाकी से इंजन ड्राइवर को दी जिसके बाद इंजन को वापस लाकर छूट गये डब्बे को पुनः जोड़ा और मालगाड़ी आगे के लिए रवाना हुई इस बीच रेलवे फाटक के दोनों ओर गोड़ियों की लंबी कतार लग गई थी और लोगों की भीड़ जमा हो गई थी ग्मला जिले की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली संगठन पीएलएफआई के दो कट्टर सदस्यों को गिरफ्तार किया है

वहीं बालिका वर्ग में भोपाल की मुनिता ने स्वर्ण जीता केंद्रीय गृह मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा पंजाब के अमृतसर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से सात से ग्यारह फरवरी तक आयोजित पांच दिवसीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में पलामू की टीम ने प्रथम प्रस्कार प्राप्त किया है इस कार्यकम में सी आर पी एफ एक सौ चौतीसवी बटालियन और नेहरू युवा केन्द्र पलामू द्वारा चयनित टीम को पहला स्थान भिलने पर जिला युवा समन्वयक पवन कुमार ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं संक्षिप्त खबरें राज्य के वित्तमंत्री रामेश्वर उरॉव ने आज लोहरदगा जिले के कैरो प्रखण्ड अन्तर्गत खास अम्बवा गांव में ग्रामीणों के साथ बैठककर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच और जूनियर चेंबर की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आज इक्कसी जनजातीय युवक युवती परिणय सूत्र में बंध गये मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर वध् को आशीर्वाद दिया जामताड़ा मंडल कारा परिसर में आज जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर कैदियों को कानूनी जानकारियां तथा उनके अधिकारों से अवगत कराया गया